उच्चतम न्यायालय का फैसला अब अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून के तहत तुरन्त हो सकती है गिरफ्तारी राज्यपाल ने प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालयों को स्नातक स्तर के पाठ्यकम नये सिरे से बनाने का दायित्व सौंपा

इनके जरिए बापू के संदेशों और उनके योगदान को प्रदर्शित किया जायेगा शासकीय कार्यक्रमों के साथ साथ तमाम गैरसरकारी संगठनों द्वारा भी प्रदर्शनी संवाद परिचर्चा और सांस्कृतिक कार्यकमों का आयोजन किया जा रहा है मुख्य कार्यक्रम प्रशासन अकादमी में होगा उच्च शिक्षा विभाग के मैं हूं गांधी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शामिल होंगे इस मौके पर मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तक चित्रोपम गांधी और वंदनीय बापू का विमोचन भी किया जायेगा प्रदेश सरकार कल ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाएँ आयोजित कर रही है ग्राम सभाओं का शुभारंभ बापू के पृण्य स्मरण के साथ होगा ग्राम सभाओं में गाँधी जी के ग्राम स्वरोजगार महिला स्वावलम्बन ग्राम स्वराज से ग्राम्य विकास तथा सादा जीवन उच्च विचार के मूल सिद्धांतों पर आधारित कार्यक्रम होंगे गांधीजी स्वच्छता को ईश्वर के करीब जाने का रास्ता मानते थे उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री कमलनाथ कल शहर सरकार आपके द्वार अभियान और श्रमिक कल्याण अभियान से जुड़े पोर्टल का अनावरण करेंगे वहीं पूर्व केन्द्रीय मंत्री जयराम रमेश मिन्टो हॉल में गाँधी दर्शन पर्यावरण और प्रकृति विषय पर व्याख्यान देंगे मुख्यमंत्री कल लालपरेड ग्राउण्ड से स्वच्छता के संदेश पर केन्द्रित महिलाओं की कार रैली को भी रवाना करेंगे इस रैली में विण्टेज के साथ साथ कई विदेशी कारें भी शामिल होंगी राजभवन में इस अवसर पर ध्रपद गायन समारोह आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम में पद्मश्री कलाकार गुंदेचा बंधु प्रस्तुति देंगे बापू का प्रिय भजन वैष्णव जन तो को वैसे तो तमाम बड़े कलाकारों ने स्वर दिया है

अब पहले की तरह इस कानून के तहत आरोपी की तुरन्त गिरफ्तारी होगी पहले अदालत ने तुरंत गिरफ्तारी के प्रावधान को हल्का कर दिया था न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा एम आर शाह और भूषण गवई की पीठ ने केन्द्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय के दो जजों की पीठ द्वारा पिछले साल मार्च में दिये गये फैसले को निरस्त कर दिया शीर्ष न्यायालय ने कहा कि समानता के लिए इस वर्ग का संघर्ष अभी खत्म नहीं हआ है

उन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज का भी शुभारंभ किया नई दिल्ली में आरोग्य मंथन के दीक्षांत समारोह के दौरान श्री मोदी ने चुनिंदा लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की आयुष्मान भारत के एक साल पूरा होने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा इस दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है

नामाकन पत्र प्रस्तुत करने वालों में कांग्रेस से कांतिलाल भूरिया और भारतीय जनता पार्टी से भानु भूरिया शामिल हैं

विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किया गया प्रस्तावित पाठ्यक्रम केन्द्रीय अध्ययन मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा पाठ्यक्रम प्रारूप बनाने का कार्य सात विश्वविद्यालयों को विषयवार सौंपकर उनसे कहा गया है कि इस माह अक्टूबर तथा नवम्बर और दिसम्बर माह में कार्यशालाएँ आयोजित कर नये पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत करें आरक्षण ओबीसी जबलपुर हाईकोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने के मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है

वन्य प्राणी सप्ताह प्रदेश में आज से वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है सात अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य वन्य प्राणियों का संरक्षण और प्रकृति में इनके अति महत्वपूर्ण योगदान का नई पीढ़ी को अहसास कराना है

वहीं साठ लाख हेक्टेयर से अधिक रकबे की फसल प्रभावित हुई है इनमें उड़द और सोयाबीन की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है इसके अलावा एक लाख से ज्यादा घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं सरकार ने प्रदेश में बारिश से बारह हजार करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया है

विभाग के अनुसार मानसून पश्चिमी मध्यप्रदेश में प्रबल जबकि पूर्वी मध्यप्रदेश में सामान्य बना हुआ है वुद्धजन दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर प्रदेश में बुजुर्गो के सम्मान और जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित किये गये इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे ने सीहोर जिले के आष्टा में आयोजित कार्यक्रम में वृद्धजनों का सम्मान किया उधर इंदौर में आयोजित विशेष जनसुनवाई में दो सौ से अधिक वृद्दजनों की समस्यायें सुनी गईं राजगढ़ रायसेन कटनी रीवा जबलप्र आगरमालवा बुरहानपुर और शिवपुरी सहित विभिन्न जिलों से अंतर्राष्ट्रीय वृद्वजन दिवस पर कार्यक्रमों के आयोजन के समाचार मिल रहे हैं